उनकी स्मृतियां समाज के बीच सदैव प्रेरणा का काम करती रहें इसके लिए विषेष योजना बनाई जाएगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा संभाग के चितरंगी सीधी सिहांवल और चुरहट विधानसभाओं में जनआशीर्वाद यात्रा पर निकलने से पूर्व संवाददाताओं से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि सिंह ने अपने कार्यकाल में युवाओं के साथ अन्याय किया उन्हें धोखा दिया उन्हें शिक्षाकर्मी बनाकर रखा गया

मुख्यमंत्री ने कहा शिक्षकों को अच्छा वेतन मिलने से यह हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य तय कर पाएंगे उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति के तौर पर वेंकैया नायड् के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में श्री नायडू की पुस्तक मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस का विमोचन किया नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने श्री नायड् की कड़ी मेहनत की सराहना की उन्होंने कहा कि उन्हें श्री नायडू के साथ कई वर्षों तक काम करने का मौका मिला जिसके दौरान उन्होंने पाया कि श्री नायडू अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व देते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री वेंकैया नायडू को जो भी काम सौंपा गया उसे उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ किया और वे हर काम के अनुरूप खुद को ढाल लेते थे श्री मोदी ने कहा कि श्री नायडू पिछले पचास वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं और उन्होंने दस वर्ष छात्र राजनीति में तथा चालीस वर्ष राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में बिताएं प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नायड् को समाज के सभी वर्गो के लोग समान रूप से पसंद करते हैं शिवपुरी शिवपुरी जिले में कल अपने दौरे के दौरान केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचायलू ने बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी कार्यालय पर पहुंचकर बाल संरक्षण के क्षेत्र में जिले में संचालित गतिविधियों का जायजा लिया श्री आचार्युलू ने किशोर न्याय अधिनियम जेजे एक्ट के क्रियान्वन की जानकारी ली अपने दौरे के दौरान श्री आचार्यलू ने बाल कल्याण समिति के सदस्यों से बात की और बाल संरक्षण को लेकर चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी ली इस दौरान श्री आचार्यलु ने जिले में बाल श्रम उन्मूलन भिक्षावृत्ति को रोकने को लेकर चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर से जानकारी ली

महिला हाकी टीम की कप्तान रानी रामपाल समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वज वाहक होंगी

इसके बाद ब्रिज में शिबनाथ सरकार और प्रणब बर्धन की जोड़ी ने मेन्स पेयर में स्वर्ण पदक जीता स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को रजत पदक मिला भारतीय पुरूष हॉकी ने पाकिस्तान को दो एक से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का दौर जारी है

वहीं जबलपुर भोपाल होशंगाबाद शहडोल रीवा सागर ग्वालियर और चम्बल में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है राजधानी भोपाल में दो दिन से हल्की बारिश हो रही है इस मौसम में अबतक सात सौ बत्तीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है जो कि सामान्य से दस फीसदी कम है टीकमगढ़ जिले के ओरछा में दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है हमारे शिवपुरी संवाददाता के अनुसार जिले में तीन दिन से लगातार बारिश का क्रम बना हुआ है बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है हमारे मुरैना संवाददाता के अनुसार सोन नदी उफान पर है और पुल पर भी पानी आ गया है